शहीदों में बिहार के तीन जवान

श्री मोदी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पन्द्रह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे संवाद

अब तक चार हजार पांच सौ इकहत्तर लोग हो चुके हैं स्वस्थ

लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के बीस जवान शहीद हो गये इनमें बिहार के तीन जवान शामिल थे प्राप्त जानकारी के अनुसार शहीद जवानों में सारण जिले के दिघरा गांव निवासी सुनील कुमार भोजपुर जिले के बिहियां थाना क्षेत्र के निवासी कुंदन ओझा और सहरसा जिले के आरण गांव के कुंदन कुमार शामिल हैं हालांकि भोजपुर के जिस जवान की इस हिंसक झड़प में शहादत हुई है उनका परिवार अभी झारखंड के साहेबगंज में रह रहा है सभी शहीद जवान बिहार रेजिमेंट के हैं राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवानों की शहादत पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की है मुख्यमंत्री ने बिहार के शहीद जवानों का अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ किये जाने की घोषणा की है इस बीच चीन के साथ जारी विवाद पर भारतीय सेना ने कहा है कि वह देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है एक वक्तव्य में सेना ने कहा कि भारतीय और चीनी सैनिक अभी गलवान क्षेत्र में अलग हट गए हैं राजस्थान के बाड़मेर में तैनात पटना के फुलवारीशरीफ निवासी बीएसएफ जवान आश्रतोष पाकिस्तानी सेना के हमले में शहीद हो गये प्राप्त जानकारी के अनुसार गश्त के दौरान पाकिस्तान की सेना द्वारा की गयी गोलाबारी में बीएसएफ जवान की शहादत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पन्द्रह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे इस दौरान राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण की स्थिति और कोविड उन्नीस महामारी से निपटने की योजना पर चर्चा होगी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इक्कीस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी श्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के दो सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के प्रयासों के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार के अनेक संकेत अब दिखाई देने लगे हैं जो भविष्य के लिए उत्साहजनक हैं बाईट इस दौरान जो अनुभव आए हैं उसकी समीक्षा उन पर चर्चा हमें आगे के लिएबहुत उपयोगी हो सकती है आज की चर्चा के निकले पॉइंटस आपके सुझाव देश को आगे की रणनीति बनानेमें अवश्य मदद करेंगे किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मददकी है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड उन्नीस के कारण किसी एक व्यक्ति की जान चले जाना भी दुखद है उन्होंने हरेक व्यक्ति से आग्रह किया कि वह मास्क का इस्तेमाल दो गज की दूरी और साबुन से हाथ धोने सहित सभी आवश्यक उपायों का पालन करें बाईट थोड़ीसी भी लापरवाही ढिलाई अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा हमें इस बातका हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्थाखुलेगी हमारे दफ्तर खुलेंगेमार्केट खुलेंगे ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसरभी बनेंगे प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर सड़सठ प्रतिशत से अधिक हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में तीन सौ पैंतालीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर चार हजार पांच सौ इकहत्तर हो गयी है इधर कटिहार में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मौत के बाद मृतकों की संख्या उनतालीस पर पहुंच गयी है राज्य में इस महामारी से मृत्यु दर शून्य दशमलव पांच सात प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत के साथ साथ अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है इधर प्रदेश में कल कोविड उन्नीस के एक सौ अड़तालीस नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर छह हजार आठ सौ दस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार तैंतीस जिलों से ये मामले सामने आये हैं इसमें सबसे अधिक बेगूसराय के चौदह मरीज शामिल हैं इसके अलावा मुधबनी से तेरह भागलपुर से नौ समस्तीपुर और पश्चिमी चम्पारण से आठ आठ तथा अरवल और सीवान से सात सात मामले पॉजिटिव पाये गये पटना गोपालगंज और मुंगेर से छह छह भोजपुर सुपौल नवादा कटिहार और पूर्वी चम्पारण से पांच पांच तथा दरभंगा और गया से चार चार मामलों की पुष्टि हुई है खगड़िया किशनगंज नालंदा अररिया पूर्णियां जहानाबाद मुजफ्फरपुर रोहतास जमुई और औरंगाबाद से दो दो तथा बांका कैमूर लखीसराय शिवहर वैशाली और सारण से एक एक मामले पॉजिटिव पाये गये हैं राज्य सरकार ने कहा है कि बाहर से आने वाले वैसे सभी लोग जिनमें कोरोना के लक्षण पाये जायेंगे उनकी जांच करवायी जायेगी स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों की रैंडम जांच भी करवायी जायेगी साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी रैंडम जांच की व्यवस्था शुरू की जायेगी

खांसना और छींकना दूसरे के ऊपर नहीं है टीशू के ऊपर छींकिए जो पोलिसिज बताई गई हैं उसको नहींदेखेंगे तो ये बढ़ेगा राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को सांस लेने में तकलीफ के बाद पटना एम्स में भर्ती कराया गया है कोरोना के संदेह को देखते हुये उनका सैम्पल लिया गया और उन्हें अभी आईसोलेशन वार्ड में रखा गया है भाजपा के विधान पार्षद अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद का कार्यकारी सभापति बनाया गया है राजभवन से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को राज्यपाल फागू चौहान ने मंजूरी दे दी है बीते सात मई को कार्यकारी सभापति हारूण रशीद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से परिषद में सभापति और उप सभापति का पद रिक्त है अवधेश नारायण सिंह इससे पूर्व भी विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले लगभग तीस हजार माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भूगतान के लिए एक सौ बीस करोड़ रूपये मंजूर किये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी राज्य सरकार ने कहा है कि खरीफ के मौसम के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि केन्द्र की ओर से बिहार को लगभग चार लाख सैंतालीस हजार टन यूरिया का आवंटन किया गया है जिसमें से तीन लाख तैंतीस हजार टन से अधिक यूरिया की आपूर्ति कर दी गयी है वहीं डीएपी खाद भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है राज्य सरकार ने विद्यालयों के नाम से हरिजन शब्द हटाने का आदेश जारी किया है शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विद्यालय के नाम में शामिल हरिजन शब्द को पन्द्रह दिनों के अन्दर हटा कर इसकी सूचना भेजी जाये हरिजन शब्द की जगह अनुसूचित जाति जोड़ने का आदेश दिया गया है मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती दबाव का केन्द्र बना हुआ है जिसके प्रभाव से भारी बारिश की स्थितियां बनी हैं पूर्वानुमान में कहा गया है कि अठारह जून से दक्षिणी बिहार में अच्छी बारिश होगी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मॉनसूनी सत्र में अब तक सामान्य से पैंतालीस प्रतिशत अधिक बारिश हुई है इधर कल हुई बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में सात लोगों की मौत हो गयी जमुई में चार लखीसराय में दो और गया में एक व्यक्ति की मौत की खबर है मॉनसून के आगमन के साथ ही डेंगू की आशंका को देखते हये राज्य के सभी जिला अस्पताल सह सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया जायेगा स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी सिविल सर्जन को आदेश निर्गत कर दिया है आदेश में कहा गया है कि सभी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए पांच पांच बेड की अलग से व्यवस्था की जाये अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तीन लाख चौवन हजार पैंसठ हो गई है वहीं देश भर में अब तक एक लाख छियासी हजार नौ सौ पैंतीस रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या ग्यारह हजार नौ सौ तीन हो गई है पिछले छत्तीस घंटों से आरा सासाराम आरा मोहनिया और आरा सहार मुख्य मार्ग भीषण जाम की चपेट में है आरा से पटना की दूरी तय करने में चौबीस घंटे तक का समय लग रहा है जाम को देखते हुये भोजपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने आरा से पटना की ओर जाने वाली छोटी गाड़ियों को धरहरा से जमीरा होकर कोइलवर के रास्ते पटना के लिए डायवर्ट करने का निर्देश दिया है

राज्य सरकार ने अठारह वर्ष से कम उम्र के असहाय बच्चों के लिए चलायी जा रही परवरिश योजना के तहत प्रति माह दी जाने वाली सहायता राशि एक हजार रूपये से बढ़ा कर दो हजार रूपये कर दी है समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने यह जानकारी दी सहकारिता विभाग राज्य में ई ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह लागू करने वाला राज्य का पहला विभाग बन गया है अब विभाग में सभी काम पेपरलेस होंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान गैंडों की संख्या में मामले में विश्व में पहले स्थान पर आ गया है कल मादा गैंडा रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिससे चिड़ियाघर में गैंडों की संख्या तेरह हो गयी है पटना के जैविक उद्यान के बाद अमरिका के सेंट डियागो स्थित जू में सबसे अधिक बारह गैंडे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड के प्रशिक्षण सत्र दो हजार उन्नीस इक्कीस के प्रथम वर्ष और दो हजार अठारह बीस के द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये हैं अभ्यर्थी तेईस जून से तीस जून तक फॉर्म भर सकते हैं पटना के राजीवनगर थाना क्षेत्र के घुड़दौड़ रोड में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक फाइनांस कम्पनी के कर्मी से लगभग दो लाख रूपये लूट लिये जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर किया है कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक स्वास्थ्यकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी शिवहर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया गया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां चीन और भारतीय सेना के बीच हिंसक झड़प की खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है प्रभात खबर लिखता है एलएसी पर हिंसक झड़प में कर्नल समेत बीस जवान शहीद चीन के भी तैंतालीस सैनिक हताहत दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है भारत चीन में चार दशक बाद खूनी संघर्ष हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है शहरों में जरूरत के हिसाब से सड़कें बनेगी दैनिक भास्कर ने लिखा है कैबिनेट का फैसला भवन निर्माण विभाग के छह इंजीनियरों को अनिवार्य सेवानिवृति आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

शहीदों में बिहार के तीन जवान

श्री मोदी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पन्द्रह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे संवाद

अब तक चार हजार पांच सौ इकहत्तर लोग हो चुके हैं स्वस्थ